बिहार में गया जिले के पहाड़पुर में एक महिला में कोरोना वायरस पाया गया

ढिलाई बरतने के मामलों को गंभीर उल्लंघन बताया प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस महामारी से बचाव और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के उपायों के बारे में वीडियो कांफ्रेंस से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया श्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्धों की जांच संक्रमित लोगों का पता लगाना आइसोलेशन और क्वारेनटाइन करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने राज्यों से कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिये साझा रणनीति बनाने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमितों की निगरानी के लिये तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने मूख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी लॉकडाउन के अनुपालन और कोरोना से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों पर चर्चा की प्रधानमंत्री ने श्री कुमार से प्रवासी बिहारियों के लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी ली इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बाद यह द्रसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस की है इससे पहले बीस मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड उन्नीस को लेकर कल सुबह नौ बजे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीटर पेज पर इसकी जानकारी दी

बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर पच्चीस हो गयी है गया जिले के पहाड़पूर की इक्कीस वर्षीय एक महिला के सैंपल की जांच पॉजिटिव पायी गयी उसका पति पहले से ही संक्रमित है जांच में पाया गया है कि वह मुंगेर के उस युवक के संपर्क में आया था जिसकी मृत्यु पिछले दिनों इलाज के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में हो गयी थी इधर तीन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छूट्टी दे दी गयी है राज्य में संदेह के आधार पर अब तक सोलह सौ अठारह लोगों के सैंपल जांचे गये जिसमें से पंद्रह सौ इक्यानवे निगेटिव पाये गये हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एक सौ इक्यावन लोग ठीक हो चुके हैं देश में अब तक इस संक्रमण से पचास लोगों की मृत्यु हो चुकी है

राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन के तहत दी गई छूटों में अधिक रियायतें दी जा रही हैं

बिहार के बाहर विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों और मजदूरों के लिये मूख्यमंत्री आपदा राहत कोष से एक एक हजार रूपये की मदद दी जायेगी इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाईल एप्प तैयार किया है विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आपदा डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट से इस एप्प को डाउनलोड किया जा सकता है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से इस सहायता राशि को प्रभावित लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने की शुरूआत की पहले दिन अठारह लाख इकतालीस हजार लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में राशि भेजी गयी इसके अंतर्गत राज्य के एक करोड़ अड़सठ लाख राशन कार्डधारकों को भी मदद दी जायेगी

एक रिपोर्ट साउंड बाईट फार्मास्युटिकल विमाग अन्य विमागों राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मदद से दवाओं की उपलब्धता आपूर्ति वितरण का निरंतर निगरानी कर रहा है चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से ही सरकार दवाओं के उत्पादन की निगरानी कर रही है लोगों के सवालों और शिकायतों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक केन्द्र नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है लॉकडाउन की अवधि के दौरान दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए समी प्रयास किये जा रहे है दवा निर्माताओं को आवश्यक दवाओं के पर्याप्त भंडारण बनाये रखने के लिए निर्देश दिये गये है एक अप्रैल से सभी चिकित्सा उपकरणों को दवाई के रूप में अधिसुचित किया गया है समी चिकित्सा उपकरणों की अधिकतम खुदरा कीमत की निगरानी अब सरकार द्वारा की जाएगी

उच्चतम न्यायालय ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए फेक न्यूज से उत्पन्न भगदड़ की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की पलायन की समस्या पैदी हुई अदालत ने महसूस किया कि इससे लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा अदालत ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को भोजन और दवाईयों जैसी ब्रनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जानी चाहिए कोविड उन्नीस के बारे में तथ्यपरक और आधिकारिक जानकारी देने के लिए फैक्ट चेक यूनिट ने आज से काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में कोविड उन्नीस फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू गठित करने का फैसला किया था

रेलवे ने बीस हजार बोगियों को विशेष आइसोलेशन केन्द्रों के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है

इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जोन में आइसोलेशन वार्ड के रूप में दो सौ आठ कोच को विकसित किया जा रहा है इसमें सोलह सौ चौंसठ लोगों को रखा जा सकेगा श्री कुमार ने बताया कि अब तक ग्यारह कोच तैयार किये जा चुके हैं और सरकार की जरूरत के हिसाब से इसे विभिन्न स्थानों पर भेजा जायेगा आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला एक्सपर्ट स्पीक में कोविड उन्नीस पर जाने माने चिकित्सक डॉ विजय कुमार ने कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई और अच्छे भोजन के इस्तेमाल पर जोर दिया है साउंड बाईट खाने पीने में जो है आपको बैलेंस डाइट जो हम बोलते हैं कि आपकी जो खाना पीना है उसमें सब्जी होनी चाहिए उसमें फल होना चाहिए दूध जो है मल्टी विटामिन या की जो गोली ले सकते हैं जो खाने पीने में आपको प्रोटीन भी लाना तो एक बैलेंस डाइट जो है इस बीमारी से बचने के लिए वो जरूरी है डॉ विजय ने बाजार से घर वापस आने पर कपड़ों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है साउंड बाईट अगर हम कपड़े पहनकर बाहर मार्केट में जाते हैं और कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो उसके बाद हमें घर में आते ही जो है उन्हें अलग से रख लेना चाहिए और उसको धोने के लिए डाल देना चाहिए ऐसा पाया गया है कि इनमें वायरस काफी टाइम तक टिकता है देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं एक रिपोर्ट साउंड बाईट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के ॅलिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए और लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खासी या बुखार से पीडि़त है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने के बाद बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं बिहार में तीन लोग स्वस्थ हो चुके हैं पटना निवासी अनिता विनोद ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की अनिता को हाल ही में इलाज के बाद एम्स से छुट्टी मिली है

कटिहार निवासी एक छात्रा आकांक्षा चौधरी ने कहा कि वे लाकडाउन की अवधि का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए कर रही है

यह युवक पटना के अलावलपुर का रहने वाला है और उसने सोशल मीडिया पर श्री प्रसाद से मदद का अनुरोध किया था प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है बेगूसराय में वाट्सअप ग्रूप पर कोरोना वायरस के एक मरीज का नाम सार्वजनिक करने पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है शिवहर जिले में देश के द्रसरे हिस्सों से आये एक सौ तिरानवे प्रवासी कामगारों को अलग अलग क्वारेनटाइन सेंटर में रखा गया है इधर मुंगेर में कोरोना वायरस के संदेह में जांच करने गयी स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है यह घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज मुहल्ले में हुई थी शेखपुरा में धर्म प्रचार के लिये आये चार लोगों को बेगूसराय जिले के क्वारेनटाइन सेंटर में भेज दिया गया है रोहतास के जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को होटलों में जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों की जांच की जा सके समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाया गया इधर शिवहर जिले में विदेश से आये पांच लोगों के रक्त के नमूनों की जांच में कोरोना वायरस का मामला नहीं पाया गया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पुलिस अधीक्षक की पहल पर आज छह सौ गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया इधर मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी के थानाध्यक्ष और थाना के सभी पुलिस कर्मियों ने आज गोपालपुर तरौरा और आसपास के इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया रामनवमी का त्योहार आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है लॉकडाउन को देखते हुये इस बार लोग अपने घरों में ही पर्व मना रहे हैं मंदिरों में प्रजा अर्चना हो रही है लेकिन लोगों के प्रवेश पर प्ररी तरह पाबंदी है किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

बिहार में गया जिले के पहाड़पूर में एक महिला में कोरोना वायरस पाया गया

ढिलाई बरतने के मामलों को गंभीर उल्लंघन बताया